कल देर शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार तेजी से काम शुरू करेगी और एक लम्हा भी बर्बाद नहीं करेगी श्री मोदी ने कहा कि नया मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास देश के सभी क्षेत्रों में विकास को सही रास्ता दिखाएगा इससे पहले एनडीए के नेताओं ने भी राष्ट्रपति भवन में श्री कोविंद से भेंट की और उन्हें एनडीए घटक दलों के समर्थन की चिट्टी सौंपी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल जेडीयू से नीतीश कुमार एलजेपी के राम विलास पासवान और शिवसेना नेता उद्वव ठाकरे भी प्रतिनिधिमंडल में थे वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज भी इस मौके पर मौजूद थीं राष्ट्रपति ने श्री मोदी से कहा कि वे अपने केन्द्रीय मंत्रिमंडल में नियुक्त होने वाले सदस्यों के नाम उन्हें सुझाएं और राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय की जानकारी दें

श्री नाथ ने सूरत में एक कोचिंग संस्थान में हुई आगजनी की दुःखद घटना और उसमें हुई जनहानि के संदर्भ में यह निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कहा है कि सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करें कि वे अपने जिले में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध कर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग संचालकों की बैठक कर सुरक्षा के आवश्यक मापदंड बनाये जायें मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरत की घटना एक सबक है इसके मद्देनजर प्रदेश में इस तरह कि घटनाएँ न हों इसके लिये सतर्कता बरतते हुए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाने चाहिए

हर टीम में चार सदस्य रखे गये है

उन्होंने कहा है कि इस संबंध में प्रकाशित समाचार सत्य नहीं है उन्होंने साफ कहा कि सहकारिता विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है राज्य में किसान कल्याण प्राथमिकता से किया जा रहा ऐसी दशा में इस तरह की काल्पनिक बात महज अफवाह फैलाने का प्रयास ही है योजनाओं के लिए आवश्यक बजट प्रावधान भी किया गया है

इससे पहले सुबह उनकी पार्थिव देह भोपाल में साकेत नगर स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिये रखी जाएगी श्री प्रेम सिंह चौहान का कल इलाज के दौरान मुम्बई में निधन हो गया था

दो दिन पहले ही उन्हें इलाज के लिये मुम्बई के लिलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था मुख्यमंत्री कमलनाथ जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा वरिष्ठ भाजपा नेता नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

उन्होंने कहा कि इस काम को निष्ठा के साथ समय सीमा में करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें और लापरवाही बरतने वालों को दंडित किया जाए वे कल भोपाल स्थित मंत्रालय में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की मौजूदा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता और तत्पर बनाने को कहा

श्रीमती ओझा ने अपने बयान में कहा है कि ऐसी सभी खबरें पूरी तरह से आधारहीन भ्रामक और असत्य हैं

इसकी तैयारियों के सिलसिले में राज्य स्तरीय कार्यशाला कल भोपाल में सम्पन्न हुई कार्यशाला में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और महिला बाल विकास विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया

इसमें जिले के परियोजना अधिकारियों व पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया

प्रत्येक मॉडयूल को बहुत ही प्रभावी तरीके से वीडियों एवं काल्पनिक घटनाओ का उदाहरण देकर बहुत ही रोचक बनाया गया है इसमें स्वयं के मूल्यांकन की व्यवस्था भी की गई है इन मॉडयूल के तहत वृद्धि निगरानी कुपोषण प्रबंधन स्थूल एवं सुक्ष्म पोषक तत्व सुचना एवं षिक्षा संचार सामुदायिक सहभागिता प्रारंभिक बाल अवस्था तथा सेक्टर प्रबंधन की बारीकिया पर्यवेक्षक सीखेगी

हालांकि मौसम वैज्ञानिक नवतपे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मानते हैं

कहीं कहीं बादल छाने और तेज हवाएं चलने के साथ साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भी इन दिनों बढ़ोतरी हो रही है

कोई वेदर सिस्टम नहीं बनने नमी में कमी होने और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण आगामी कुछ दिनों में तापमान में गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है

मौसम विभाग ने छतरपुर दमोह उमरिया और सागर जिलों में कही कहीं लू चलने की आशंका जताई है

इस दुर्घटना में छह यात्री घायल हुए